मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मंडी ज़िले में किए करोड़ों रुपये की योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बनी वरदान

शिवरात्रि महोत्सव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि मेले का विधिवत शुभारम्भ किया राज माधो राय मंदिर में विधिवत प्रजा अर्चना के बाद निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में वे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे शोभा यात्रा में जिले भर से आए देवी देवताओं ने हिस्सा लिया वहीं बड़ी संख्या में लोग भी इस दौरान मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने पड्डल मैदान में उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिवरात्रि महोत्सव न केवल अपने देवी देवताओं के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाती है अपितु इससे सामाजिक सदभाव को भी बढ़ावा मिलता है उन्होंने कहा कि ये मेला व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भी प्रमुख है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हैलीपोर्ट के निर्माण के अलावा मंडी शहर में शिवधाम विकसित किया जाएगा

उन्होंने इस अवसर पर पड़डल मैदान में प्रदर्शनी और सरस मेले का उद्घाटन भी किया ज़िला प्रशासन द्वारा इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री को बैटन भी सौंपी गई सीएम इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला में करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए

जयराम ठाकुर ने छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में वर्चुअल क्लास रूम सुविधा का लोकार्पण किया और वर्चुअल क्लास रूम के माध्यम से कोटली धर्मपुर सहित विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों के साथ संवाद किया उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप भी प्रदान किए

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और सांसद रामस्वरूप शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत की सांस्कृतिक विरासतों को एक सूत्र में पिरोता एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान इन दिनों देशभर में चलाया जा रहा है इस अभियान में विभिन्न राज्य एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होने में खासा उत्साह दिखा रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर मिल रहा है हिमाचल प्रदेश को केरल का साथ मिला है आज हम आपको बताएंगे केरल के ऐतिहासिक मंदिर सबरीमाला के बारे में जो वहां का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की तरह ही केरल राज्य में भी अनेक ऐतिहासिक मंदिर हैं इन्हीं में से एक है प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर जो नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित है यहां हर साल देश विदेश से करोड़ों श्रद्वाल पहंचते हैं खासतौर से नवम्बर के महीने में यहां मकरविलक्क तीर्थयात्रा शुरू होती है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धाल हिस्सा लेते हैं मकरविल्लक मकरम महीने के पहले दिन आता है और इस श्भ दिन पर शाम को आकाश में से एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है लाखों श्रद्वालु इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं रामायण महाकाव्य में भी संबरीमाला का उल्लेख किया गया है जब भगवान राम और लक्ष्मण शबरी माता के आश्रम पहंचे थे सबरीमाला के भगवान अयप्पा का बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध है कृछ इतिहासकारों का मत है कि सबरीमाला के भगवान अयप्पा की मूर्ति भगवान बुद्ध की मूर्ति के समान है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है

उन्होंने कांगड़ा जिला में सुलह विधानसभा क्षेत्र के अरला में भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड धर्मशाला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि ये जानकारी दी

परमार ने इस दौरान बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थियों को योजनाओं के तहत सोलर लैम्प महिला साईकिल और इंडक्शन चूल्हे वितरित किए मांग लाहौल स्पिति जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिले के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के स्थान पर शीतकालीन अवकाश देने की मांग की है संघ के महासचिव सुशील ने कहा कि जिले में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठण्ड के चलते विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है

किसान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान बनकर उभर रही है गरीब व मध्यम वर्ग के किसानों को पहले बीज व उर्वरक खरीदने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था इस योजना के तहत किसानों की इस समस्या का तो समाधान हुआ ही है साथ ही उनकी आमदनी में भी वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सोलन ज़िला के किसानों को बीज व खाद इत्यादि खरीदने में राहत मिल रही है इस योजना के तहत किसान अब बीज व कृषि में उपयोग होने वाली अन्य वस्तुओं को आसानी से खरीद रहे हैं

सोलन से हमारे संवाददाता से बात करते हुए किसानों ने बताया कि अब उन्हें निम्न गुणवत्ता वाले बीज व उर्वरक नहीं खरीदने पड़ते और वे अच्छे बीजों का उपयोग कर अधिक आमदनी कमा रहे हैं

उन्होंने इस योजना को किसानों को कृषि के प्रति प्रेरित करने वाली योजना बताया

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डाट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिक्षा नौकरी और तबादलों के फर्जीवाड़ों पर चिंता जताई है आज शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे मामले सामने आने से प्रदेश की स्वच्छ छवि पर दाग लग रहा है राठौर ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियों का मामला सामने आने के बाद इसकी जांच कर विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन कभी नौकरी देने के बहाने तो कभी स्थानांतरण करवाने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है राठौर ने प्रदेश सरकार से ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ना सबका दायित्व है और नशा हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन्होंने कहा कि इस रैली से जहां नशे के विरूद्व जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा वहीं फिट इंडिया का संदेश भी दिया जाएगा

पहली उड़ान भूंतर तिगरेट भूंतर दूसरी भूंतर तांदी डाईट भूंतर के बीच भरी जाएंगी दोनों उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी